नई दरें पहली अगस्त से लागू होंगी जीएसटी परिषद ने स्थानीय उपयोग में लाई जाने वाली इलेक्ट्रिक बसों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने को भी मंजूरी दे दी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक की इस महीने की पांच तारीख को संसद में केन्द्रीय बजट पेश किए जाने के बाद यह जीएसटी परिषद की पहली बैठक थी हिमालयन कॉनक्लेव हिमालयी राज्यों के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दो पर चर्चा के लिए कल मसूरी में हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश सिक्किम असम अरुणाचल प्रदेश मेघालय नगालैंड त्रिपुरा मिजोरम और मणिपुर के मुख्यमंत्री शामिल होंगे सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि हिमालयी राज्य जल संचय एवं जल संरक्षण की मुहीम को भी आगे बढाएंगे उन्होंने कहा कि नदियों ग्लेशियर झीलों और जल स्त्रोतों को संरक्षित करने के साथ ही सूखी नदियों और जल स्त्रोतों को पुनर्जीवित करने पर भी ध्यान केंद्रित रहेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैकल्पिक ऊर्जा के विकास से हम राज्य की ऊर्जा से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे गौरतलब है कि वर्तमान में राज्य को एक हजार करोड़ रुपये की बिजली खरीदनी पड़ रही है दुग्ध उत्पादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिकल इंडिया मिशन ने कई लोगों के लिए रोजगार की नई राह खोली है पौड़ी जिले के कल्जीखाल विकासखंड के रहने वाले पूर्व फौजी नितिन पटवाल ऐसे ही लोगों में शामिल हैं जिन्होंने योजना से प्रभावित होकर अपना काम शुरू किया और अब वे दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं सेना से रिटायर होने के बाद नितिन पटवाल ने डेयरी का काम शुरू किया

इसके अलावा उन्होंने सब्जी उत्पादन मुर्गी और मत्स्य पालन का भी काम शुरू कर दिया है

उनकी पहल से युवाओं को अपने घर पर ही रोजगार मिला है जो पलायन रोकने में कारगर कदम साबित हो सकता है

इस अवसर पर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के जवानों और उनके परिवार जनों को शुभकामनाएं दी हैं एक ट्वीट में शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए विभिन्न भागों में तैनात सीआरपीएफ की प्रतिबद्धता और समर्पण अद्भुत है और देश को उनके शौर्य और साहस पर गर्व है

पर्वतीय क्षेत्रों में जहां बारिश और भूस्खलन के चलते विभिन्न स्थानों पर यातायात बाधित हुआ है वहीं मैदानी क्षेत्रों में बारिश के कारण विभिन्न स्थानों पर लोगों को जलभराव की समस्या का सामाना करना पड़ा पिथौरागढ़ जिले के बंगापानी में आज एक व्यक्ति के ऊपर पेड़ और पत्थर गिरने से उसके मारे जाने की खबर है विभिन्न स्थानों पर हुई भारी बारिश के कारण राज्य की मुख्य नदियों और गदेरों का जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है

विभाग ने राज्य के अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना व्यक्त की है उधर बारिश का असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ा है तीर्थयात्रा पर आने वाले श्रद्वालुओं की संख्या में पिछले माह के मुकाबले कमी दर्ज की गई है इस बीच आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहे और विभिन्न स्थानों पर रुक रुककर हल्की बारिश होती रही यंग फॉर्मर स्कूल कृषि क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए सितंबर के महीने में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन यंग फार्मर स्कूल शुरू कर रहा है

जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने बताया कि जिले के इच्छुक युवा और कृषक प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं आवेदन पत्र अगस्त के पहले सप्ताह से नजदीकी विद्यालय आंगनबाड़ी केन्द्र और न्याय पंचायत में उपलब्ध रहेंगे जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के प्रगतिशील किसानों और विशेषज्ञों द्वारा युवा किसानों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा उन्हें फल प्रसंस्करण जंगली जानवरों के नियंत्रण जैविक उत्पादन आदि की जानकारी भी दी जाएगी

यह प्रसारण आकाशवाणी दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा इसका प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आकाशवाणी और द्रदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा इसे आकाशवाणी की वेबसाइट डबल्यू डबल्यू डबल्यू डोट ऑल इंडिया रेडिया डोट जी ओ वी डॉट आई एन तथा न्यूज ऑन ए आई आर डोट एन आई सी डॉट आई एन पर भी सुना जा सकता है रन फॉर मार्टर्स चमोली जिले के जोशीमठ छावनी में आज करगिल युद्ध के शहीदों की याद में रन फॉर मार्टर्स रेस का आयोजन किया गया

कार्यक्रम के दौरान आईटीबीपी ने शहीदों को श्रद्वांजलि दी और अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी बीएस रावत ने करगिल युद्ध के अपने अनुभव साझा किये

असम में आई बाढ़ से हुई जन धन हानि पर दुःख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि संकट की इस घड़ी में उत्तराखंड की जनता असमवासियों के साथ है

पांचो संदिग्धों को पूछताछ के लिए इमीग्रेशन कार्यालय में रोका गया है